मोदी अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में पर्यावरण कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान चैंपियन्स ऑफ द अर्थ दिया जायेगा संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे

यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट संकारात्मक और प्रभावशाली कार्यों के लिए सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है न्यायाधीश शपथ् न्यायमूर्ति रंजन गोगोई आज भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगे न्यायमूर्ति गोगोई न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का स्थान लेंगे जो प्रधान न्यायाधीश के पद से कल सेवानिवृत हो गए

श्री चौहान ने बताया कि ग्राम नांदनेर तथा इसके आसपास के गाँवों में किसानों को लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भोपाल में आयोजित नशा मुक्ति समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि युवाओं में नशे के प्रति बढ़ता आकर्षण बड़ी चिंता का कारण है उन्होंने युवाओं से कहा कि अगर आप देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आज से नशा न करने का संकल्प लें उन्होंने कहा कि जब घर के बड़े नशा करेंगे तो बच्चों में भी यह गुण आयेंगे इसलिए सबसे पहले हमें नशे से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए वहीं खंडवा में नशामुक्ति सप्ताह के दौरान कल आयोजित कार्यकम में युवाओं को नशामुक्ति के लिए जागरूक किया गया आशा कार्यकर्ता प्रदेश भर से आई आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर कल भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के समक्ष प्रदर्शन किया बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पालीटेकनिक चौराहे पर ही रोक लिया जहां आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगो के समर्थन में नारेबाजी की और धरना पर बैठ गयी

अधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि इस दौरान उड़द पांच हजार छह सौ रूपये मूंग छह हजार नौ सौ पिचहत्तर रूपये मूंगफली चार हजार आठ सौ नब्बे रूपये और तिल की खरीदी पांच हजार छह सौ पिचहत्तर की दर से की जाएगी जबकि सोयाबीन की खरीदी तीन हजार तीन सौ नियानवे और मक्का एक हजार सात सौ रूपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर खरीदी जाएगी बडी संख्या में किसानों ने पंजीयन कराया है समर्थन मूल्य पर खरीदी से प्रदेश के पच्चीस लाख किसान लाभान्वित होंगे उच्चतम न्यायालय राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गाँधी जयंती पर कल राजभवन में आयोजित प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कहा कि अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल फोन का नियंत्रित उपयोग करने के लिये प्रेरित करना चाहिये उन्हें बच्चों में मोबाइल फोन के अधिक उपयोग की आदत को बदलना चाहिये बच्चों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग के समय और विषय तक अभिभावकों को निश्चित करना चाहिए उन्होंने कहा कि मोबाइल के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी बच्चों को समझायें माता पिता को भी मोबाइल का उपयोग कम से कम करना चाहिए श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि माता पिता को बच्चों में बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने की आदत डालना चाहिये उन्हें सामान्य ज्ञान देना चाहिए अहमदाबाद एक्सप्रे स उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया आज ग्वालियर में अहमदाबाद एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे यह ट्रेन ग्वालियर से हर हफ्ते बूधवार शनिवार और रविवार को अहमदाबाद के लिए चलेगी अहमदाबाद से ग्वालियर के लिए ट्रेन मंगलवार शुक्रवार व शनिवार को आएगी अभी तक यह ट्रेन आगरा फोर्ट से अहमदाबाद तक चलती थी खेल पुरस्कार खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की घोषणा की

तीन प्रशिक्षकों को विश्वामित्र अवार्ड दिया जायेगा वहीं इस वर्ष का लाइफ टाइम अचिव्हमेन्ट प्रस्कार बैडमिंटन खेल में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए धार के श्री सुधीर वर्मा को प्रदान किया जायेगा

समारोह में ओलम्पियन पद्मश्री सुशील कुमार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगें हॉकी एस्ट्रोटर्फ खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल इंदौर के बिजलपुर में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का भूमि पूजन किया साढ़े पाँच करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह इंदौर का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ होगा श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं से बड़ी संख्या में खेल प्रतिभाएँ सामने आ रही हैं मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया है

खेल संचालक डाक्टर एसएलथाउसेन ने बताया कि मध्यप्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सहयोग से इस चैंम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है

जिसमें शहर के सभी लोगों से शामिल होने की अपील की गई है

इस अवसर पर कृषि राज्यमंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई